राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर चौरानबे दशमलव आठ छह प्रतिशत पहुंची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

आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट का पुनर्विकास पीएसी पुलिस बल के लिए बैरकों का निर्माण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में बहुउद्देश्यी य सभागार का आध्निकीकरण और पर्यटन स्थलों का विकास शामिल हैं

कड़ी सुरक्षा में वोटों की गिनती की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं द्मका में मतगणना दुमका इंजीनियरिंग कालेज में होगी जहां अभी वजगृह बनाया गया है और तीन नवंबर को हुए मतदान के बाद सभी इवीएम को कडी सुरक्षा में रखा गया है

पहले पोस्टल बैलेट को गिना जायेगा

वहीं बेरमो विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया कि ् चास स्थित कृषि बाजार समति परिसर में मतगणना केन्द्र बनाया गया है

मंत्रालय ने बयान में कहा कि योजना के लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह छूट दी गई है यह पाया गया था कि हलफनामे के जरिये दावा जमा कराने की शर्तो के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

धनबाद जिले के भू अर्जन घोटाले में आरोपित पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर कल अपनी स्वीकृति दे दी है इसके तहत धनसार हीरक रिंग रोड के गोलकाडीह मौजा में भू अर्जन की प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता मामले में आरोपित पदाधिकारियों और कर्मियों तथा भारतीय खनिज विद्यापीठ से संबंधित मामले में दो पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी

राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर चौरानबे दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है अबतक निन्यानबे हजार से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है वर्तमान में कुल संक्रमित लोगों में से केवल चार हजार चार सौ इकहत्तर लोग चिकित्सा निगरानी में हैं

राज्य में अच्छी खबर यह है कि कोरोना से कल एक भी मौत नहीं हुई है

राज्य में अब तक आठ सौ संतानबे लोगों की मौत कोरोना से हई है

संशोधित सिलेबस व्हाट्सएप ग्रप के माध्यम से सभी जिलों को भी भेज दिया गया है

शिक्षकों को बच्चों को सिलेबस भेजने के लिए कहा गया है इसके अलावा वैसे बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उन्हें अलग से सिलेबस उपलब्ध कराया जायेगा संशोधित सिलेबस सभी विद्यालयों को भी भेजने का निर्देश दिया गया है पाठ्यक्रम में झारखंड और महापुरुषों से जुड़े विषयों को नहीं हटाया गया है साथ ही उन भागों को भी नहीं हटाया गया है जिन्हें बच्चों की अगली कक्षा में जाने के लिए पढ़ना जरूरी है विभाग ने कोरोना के कारण स्कूलों के बंद होने की स्थिति में सिर्फ इस साल के लिए पाठ्यक्रम में कटौती की है झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक की संप्रक परीक्षा आज से शुरू होगी

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक वीरेंद्र सिंह जिले के पत्थलडीहा में धान और अरहर की फसल का मुआयना किया अरहर के बेहतर उत्पादन को देखते हुए उन्होंने इसकी फसल को बढ़ावा देने पर जोर दिया

उन्होंने डॉक्टर अपर जिंदल से मुलाकात कर मंत्री की स्थिति की जानकारी ली

पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है

ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर आवागमन को बाधित करते हुए मुआवजे की मांग की

दैनिक हिन्दुस्तान ने लिखा है पांच लाख भारतीयों को नागरिकता देंगे बाइडेन अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने नीतिगत पत्र में प्राथमिकताएं गिनाई दिल्ली पहली बार फाइनल में कल चार बार की चैंपियन मुंबई से भिड़ंत इस शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने आइपीएल क्रिकेट की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खियां बनाई है

हिन्दुस्तान टाइम्स ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा तीन आंतकियों को मार गिराने और सैन्य अफसर समेत चार जवान के शहीद होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है